वहीं दूसरी ओर कोटा जिले में अतिवृष्टि और जल भराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा प्रभावित किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में दिया जा रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केन्द्र सरकार बच्चों के लिए वैश्विक प्रतिरक्षण के अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लेगी

अब लक्ष्य देश के शत प्रतिशत बच्चों को टीके लगाने का है

ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने कल जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के साथ बैठक कर बीकानेर शहर के कोटगेट क्षेत्र में रेल फाटकों के कारण शहरवासियों को काफी लम्बे समय से हो रही परेशानी से निजात दिलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की बैठक में मंत्री कल्ला ने बीकानेर बाईपास रेल लाईन बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान करने की बात कही श्री कल्ला ने बैठक में रेलवे के अधिकारियों से बीकानेर में रेलवे बाईपास के साथ ही रतलाम डूंगरपुर रेललाईन परियोजना मेडता और पुष्कर के बीच रेल चलाने तथा टोंक को रेल लाईन से जोडने के संबंध में भी बातचीत की

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों से दो दो मेधावी बच्चों का चयन इस यात्रा के लिए गया है भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति की दो दिन की बैठक न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आज से जयपुर में आयोजित की जाएगी

पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई टैक्स वृद्धि के विरोध में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आज प्रदेशभर में एक दिन के लिए पेट्रोल पम्प बंद रखकर सांकेतिक हडताल की जा रही है ऐसे में प्रदेश के करीब चार हजार तीन सौ पेट्रोल पम्पों पर तेल नहीं मिलेगा

पुलिस उपाधीक्षक कुशाल सिंह ने बताया कि अजमेर जिले के फुलेरा क्षेत्र में नकली मावे पर हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान मिलावट खोरों ने नकली मावे को किशनगढबास क्षेत्र का होना बताया जिस पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ बास क्षेत्र के तीन गांवों में दबिश देकर नकली मावा बरामद किया